मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सिरमौर ज़िले में करोड़ो रूपये की विकास योजनाओं के किए उदघाटन व शिलान्यास यमुना शरद महोत्सव को राज्य स्तरीय दर्जा देने की घोषणा भगवान वाल्मीकि जयंती पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कुशल व्यक्ति समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आज नई दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़े पेशेवरों व उद्योग प्रमुखों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य तकनीक का है और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के माध्यम से ही देश का तेज़ी से विकास हो सकता है प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप का शुभारंभ भी किया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सिरमौर जिले के दौरे के दूसरे दिन आज पांवटा साहिब क्षेत्र में करोड़ों रूपये की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए

मुख्यमंत्री ने पुरूवाला में राज्य विद्युत परिषद के उपमंडल का शुभारंभ किया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सांसद वीरेन्द्र कश्यप व स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके मौजूद रहे शरद महोत्सव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर ज़िले में पांवटा साहिब के यमुना शरद महोत्सव को राज्य स्तरीय दर्जा देने की घोषणा की है कल देर शाम इस तीन दिवसीय महोत्सव में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि ये मेला संस्कृति का परिचायक है और ऐसे आयोजनों से सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है

उन्होंने कहा कि वाल्मीकि बस्ती के नाले को ढकने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे को रोकने के लिए सरकार जागरूक है और प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लोगों से रैडकॉस से जुड़ने का आहवान किया है सोलन जिले के नालागढ़ में आज रैडकॉस मेले का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराईयां मिटाने में रैडकॉस की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये संस्था मानव पीड़ा दूर करने की दिशा में सामाजिक अभियान की तरह काम कर रही है मेले में पहाड़ी गाय के प्रचार के लिए स्टॉल लगाने नशा निवारण रैली रक्तदान शिविर व छात्रों के साथ संवाद जैसी गतिविधियों के आयोजन की राज्यपाल ने सराहना की उन्होंने लोगों से स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आहवान किया शांता कुमार इस बीच कांगड़ा जिले के पालमपुर में सांसद शांता कुमार ने आज रैडकॉस मेले का श्भारंभ किया उन्होंने समाज के सभी वर्गों से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पीड़ितों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है और इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए

उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की समारोह के समापन अवसर पर विपिन परमार ने बताया कि रैडकॉस सोसायटी को पालमपुर अस्पताल में एक कमरा उपलब्ध कराया गया है उन्होंने मेले में विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार बांटे वाल्मीकि जयंती भगवान वाल्मीकि जयंती पर आज प्रदेशभर में कई कार्यकम आयोजित किए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पांवटा साहिब में वाल्मीकि मंदिर में माथा टेका और कहा कि भगवान वाल्मीकि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ज्ञान व प्रेरणा के स्रोत हैं

बाद में मुख्यमंत्री ने पांवटा साहिब स्थित गुरूद्वारा साहिब में भी शीश नवाया

सोलन में आयोजित वाल्मीकि जयंती समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि भगवान वाल्मीकि की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं इधर शिमला के कृष्णा नगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई और प्रसाद बांटा गया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंदिर में जाकर शीश नवाया जनजाति आयोग राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनसुइया उइके स्बरू ने आज कांगड़ा जिले में धारकंडी क्षेत्र के रिडकुमार में जनजाति समुदाय के लोगों की समस्याए सुनीं

इस मौके भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने जनजाति समुदाय से जुड़ी विभिन्न मांगों को आयोग की उपाध्यक्ष के समक्ष रखा अन्राग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर ज़िले के ऊहल में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया

मौसम प्रदेश में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है हालांकि जनजातीय क्षेत्रों सहित मध्यम व निचले मैदानी इलाकों में सुबह शाम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम के इसी तरह से साफ बने रहने की संभावना है

इसमें हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड के सामुदायिक रेडियो संचालक और सामुदायिक रेडियो स्थापित करने की इच्छुक संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं

समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए आधुनिक विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर बल दिया परिषद के सदस्य सचिव कुनाल सत्यार्थी ने बताया कि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई तकनीकों की खोज को बढ़ावा देना है कांग्रे स प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने राज्य सरकार को फिजूलखर्ची से बचने की सलाह दी है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय खोले गए स्कूल कॉलेजों को जल्द स्तरोन्नत करने की जुरूरत है सुखविन्द्र सिंह ने कर्ज लेने की बजाय राज्य सरकार को अपने संसाधन बढ़ाकर विकास कार्य तेज़ करने को कहा है धुमल निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आज हमीरपुर जिले के समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिला और उन्हें अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में रह रहे तिब्बतियों के कल्याण के संबंध में उचित मंच पर मामला उठाने का आग्रह किया धूमल ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया